केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा चिटफंड संशोधन विधेयक से निवेशकों में आर्थिक सुरक्षा की भावना को मिलेगा बढ़ावा जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में साफ मौसम के बावजूद कड़ाके की ठंड जारी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया

वहीं शिमला के पीटर हॉफ में हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में से परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर इसी दिन ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन भी किया जाएगा मंत्रिमंडल ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रदेश के दस्तकारों को तीस हजार रुपए तक के नए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना अधिसूचित करने की मंजूरी भी दी मंत्रिमंडल ने बंगाणा में फायर सब स्टेशन नाचन विधानसभा क्षेत्र के छपरान और डेलग में स्वास्थ्य केंद्र और सुलह में उपतहसील खोलने की मंजूरी भी दी इसके अलावा राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के परिव्यय को निर्धारित करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नए पद सुजित करने पर भी मुहर लगाई

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज धर्मशाला में तिब्बती धर्म गुरू दलाईलामा से मुलाकात की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में रह रहे निर्वासित तिब्बती समुदाय का हिमाचल के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश के विकास में तिब्बती समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस दौरान दलाईलामा ने भारत की प्राचीन संस्कृति परंमपरा और गौरव शाली इतिहास पर चर्चा की

इस बीच राज्यपाल ने राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला का दौरा भी किया और विद्यार्थियों से बातचीत की बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों से शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करने का आहवान किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के नाम जाना जाता है और यह देश के सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए भी प्रयासरत है उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी जिले में सरकाघाट के समाहल गांव में पिछले दिनों वृद्व महिला के साथ हुई क्रूरता के मामले में राज्य सरकार से छः सप्ताह के भीतर ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल की खंडपीठ ने आज एक जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिए

ध्मल अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के उपलक्ष्य पर हमीरपुर जिला सहकारी संघ ने आज गसोता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे उन्होंने कहा कि सहकारिता ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सराहनीय भूमिका निभाई है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक के पास होने से चिटफंड उद्योगों के क्रियान्वयन में आसानी होगी उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पूरी सक्रियता सतर्कता और कानून में आवश्यक बदलाव से छोटे जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण व आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसना है

क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की अतिरिक्त महानिदेशक देवप्रीत सिंह ने आज प्रदर्शनी का निरीक्षण किया

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है केलंग में आज न्यूनतम तापमान माइनस छः दशमलव चार मनाली में एक दशमलव दो कल्पा में तीन दशमलव चार जबकि भुंतर में तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया लाहौल स्पीति के कोकसर दारचा और म्याड़ घाटी में तापमान शून्य से दस से बारह डिग्री सेल्सियस तक नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है

बस सेवा लाहौल स्पीति के उपायुक्त कमलकांत सरोच ने कहा है कि लाहौल घाटी के लोगों और यहां कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा के लिए रोहतांग सुरंग के नॉर्थ पोर्टल से मनाली के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू की गई है उन्होंने कहा कि यात्रा करने वाले लोगों को केलंग व उदयपुर के उपमंडल अधिकारी के पास आवेदन करना होगा उन्होंने कहा कि पांगी से मनाली जाने वाले लोग उदयपुर के उपमंडल अधिकारी से अनुमति ले सकते हैं उपायुक्त ने कहा कि बिना अनुमति के नॉर्थ पोर्टल से किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी प्रशिक्षण नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा युवा नेतृत्व व सामुदायिक विकास को लेकर सोलन में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया केंद्र की समन्वयक ईरा प्रभात ने बताया कि इस दौरान युवाओं को केंद्र व राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सामाजिक सरोकार से अवगत करवाना और नशे जैसी बुराई के प्रति जागरूक करना रहा